प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल पर राज्य सरकार ने सख्त रूख अपनाया जिला कलेक्टरों को हड़ताल पर जाने वाली कार्यकर्ताओं को बर्खास्त करने के दिए आदेश शिक्षाकर्मियों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति की आज रायपुर में तीसरी बैठक हुई सोलह मार्च को होने वाली अगली बैठक में शिक्षाकर्मी संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे

सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लाइलाज रोगियों को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति प्रदान कर दी है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने लिविंग विल को मान्यता देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए लाइलाज रोगियों को कुछ नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इच्छा मृत्यू देने की अनुमति प्रदान कर दी है पीठ में शामिल न्यायमूर्ति एकेसिकरी एएमखानविलकर डी वाईचन्द्रचूड़ और अशोक भूषण ने इस बारे में दिशा निर्देश भी तय कर दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि ये निर्देश इस बारे में कानून बनने तक लागू रहेंगे लिविंग विल की धारणा के अंतर्गत कोई भी स्त्री या पुरूष पहले ही तय कर सकेगा कि बीमारी लाइलाज होने की हालत में उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाना है या नहीं प्रधान न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि लिविंग विल के मुद्दे पर सभी न्यायाधीशों ने एकमत से इस निर्णय में सहमति दी इस संबंध में जनहित याचिका दायर करने वाले स्वैच्छिक संगठन की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पहले न्यायालय को बताया था कि कोमा में पहंचे रोगी अपनी इच्छा नहीं बता सकता इसलिए उन्हें मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हए जिला कलेक्टरों को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है महिला और बाल विकास विभाग की सचिव ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बर्खास्त करने के लिए कहा है राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हड़ताल पर होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र के हितग्राहियों को दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित होंगी और बच्चों के भोजन के अधिकार का उल्लंघन होगा सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि समय समय पर आंगनबाड़ी में काम कर रही महिलाओं की मांगों पर सरकार विचार करती रही है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बजट सत्र में चर्चा के दौरान आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा पूरी होने पर पचास हजार रुपये और सहायिकाओं की सेवा पूरी होने पर पच्चीस हजार रुपये की राशि देने का ऐलान किया था शिक्षाकर्मी बैठक शिक्षाकर्मियों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति की आज रायपुर में बैठक हुई

समिति की अगली बैठक सोलह मार्च को होगी जिसमें शिक्षाकर्मी संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे इस बैठक में शिक्षाकर्मी संघ के पदाधिकारी अपनी मांगों के संबंध में प्रस्तृति देंगे गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शिक्षाकर्मियों की नौ सूत्रीय मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है एआईसीसी सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज छत्तीसगढ़ के एआईसीसी के सदस्यों की सुची जारी कर दी है सूची में प्रदेश के मोतीलाल वोरा भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव मोहम्मद अकबर सहित उनचास लोगों को शामिल किया गया है सूची में सोलह महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया है मुख्य न्यायाधीश चेतना कार्यक्रम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीबी राधाकृष्णन ने कहा है कि बाल द्वर्व्यवहार को रोकने और इसके बारे में जानने के लिए बच्चों की काउंसिलिंग के साथ साथ शिक्षकों और माता पिता की काउंसिलिंग भी जरूरी है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों का विश्वास जीतना भी जरूरी है क्योंकि जब तक उनको विश्वास में नहीं लाया जाएगा तब तक वे यह नहीं बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है मुख्य न्यायाधीश ने यह बात आज छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बिलासपुर में आयोजित चेतना कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही मुख्य सचिव बैठक प्रदेश में पंजीकृत मदरसों के नियमित संचालन की जानकारी के बाद ही शिक्षकों को वेतन और मदरसों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी यह निर्देश मुख्य सचिव अजय सिंह ने मंत्रालय में आयोजित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री की पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन औरं उसकी समीक्षा बैठक में दिए बैठक में पंजीकृत भवन विहीन मदरसों के भवन निर्माण और उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में भी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिए राष्ट्रीय कार्यशाला मुख्य सचिव अजय सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में होने वाली औषधीय और अन्य वनोपज का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन यहीं होना चाहिए ताकि किसानों और वनोपज संग्राहकों को अधिकतम लाभ मिल सके उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही राज्य शासन स्तर पर सशक्त कार्यतंत्र विकसित किया जाएगा मुख्य सचिव ने यह बात इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही संस्कृति विभाग कार्यशाला संस्कृति विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने कहा है कि स्कूली बच्चों को भी प्राचीन धरोहरों का ज्ञान होना चाहिए इसलिए स्कूली शिक्षा में पुरातत्व की शिक्षा दी जानी चाहिए यह बात श्रीमती सिंह ने संस्कृति और पुरातत्व संचालनालय द्वारा रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में आयोजित तीन दिवसीय प्राचीन अभिलेख पुरालिपि मुद्राशास्त्र और प्रतिमाशास्त्र संबंधी कार्यशाला में कही साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौजूद पुरा संपदा के संरक्षण के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने को भी कहा कार्यशाला में अन्य राज्यों से भी पुरातत्वविदों और जानकारों ने हिस्सा लिया कार्यशाला में भिलाई के मुद्रा संग्राहक आशीष दास ने प्राचीन काल की मुद्राओं की प्रदर्शनी लगाई है हाथी हमला मौत बलरामपुर जिले के परसवार कला में जंगली हाथियों के हमले से कल शाम एक ग्रामीण की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक यह ग्रामीण कल शाम से लापता था जिसका शव आज सुबह गांव के पास मिला दो दिन पहले भी प्रतापपुर इलाके के गणेशपुर में भी हाथियों ने एक महिला को क्वलकर मार डाला था उधर सुरजपुर जिले के प्रतापपुर वन क्षेत्र में स्थित लोलकी के जंगल में एक हाथी का शव मिला है वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहंचकर मामले की जांच कर रहे हैं लोक सुराज अभियान लोक सुराज अभियान का तीसरा चरण ग्यारह मार्च से शुरू हो रहा है

इस दौरान रायपुर जिले में कुल चौंसठ समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे इनमें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बयालीस और शहरी क्षेत्रों में बाईस समाधान शिविर आयोजित होंगे अभियान के तीसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी समाधान शिविरों के माध्यम से लोगों के बीच पहुचेंगे कलेक्टर ओपीचौधरी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को अभियान में प्राप्त हुए आवेदनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी के साथ समाधान शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं तीसरे चरण की शुरूआत रायपुर जिले की ग्राम पंचायतों से होगी गौरतलब है कि इस साल लोक सुराज अभियान का पहला चरण बारह से चौदह जनवरी तक आयोजित हुआ था जिसमें आवेदन संकलन शिविरों के माध्यम से लोगों से आवेदन प्राप्त किए गए थे वहीं अभियान का दूसरा चरण पंद्रह जनवरी से दस मार्च तक चल रहा है इस दौरान अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण में नरेन्द्र कुमार असवाल और राजीव कुमार टमटा को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है राजनांदगांव में कल से सत्रह मार्च तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा इसमें करीब तैंतीस हजार उम्मीदवार भाग लेंगे मुख्यमंत्री ने कल धमतरी जिले के क्रूद में आयोजित महिलाओं के आजीविका महासम्मेलन में क्षेत्र के विकास के लिए तिरालीस करोड़ पचास लाख रूपए के चौदह विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण भूमिपूजन और शिलान्यास किया